उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था

वे सबसे लम्बे समय तक राज्य के म्ख्यमंत्री रहे म्ख्यमंत्री बनने से पहले वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे उन्होंने लोकसभा में जोरहाट और कालियाबोर संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया वे कांग्रेस पार्टी के भी विभिन्न पदों पर रहे असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि श्री गोगोई का पार्थिव शरीर ग्वाहाटी के संकरदेव कला क्षेत्र में रखा जाएगा राज्य के म्ख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने तरुण गोगोई के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्लिस विभाग के स्पेशल इंवेस्टीगेशन सेल एस आई सी के प्लिस अधीक्षक एम हर्षवर्धन ने आज ईटानगर में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस ने सभी तथ्यों और परीक्षा में धांधली से ज्ड़े सभी पहल्ओं की व्यापक जांच पड़ताल के बाद मामला दायर किया है उन्होंने बताया कि जांच टीम ने इस मामले में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिंक प्रयोगशाला में जांच कराकर सबूत इकट्ठा किए है वहीं इस मामले में प्लिस ने कानून के अन्सार क्छ आरोपियों के गवाह बन जाने के बाद उनकी सूचना की आधार पर बह्त से सबूत एकत्र किए है उन्होंने कहा कि यू डी सी परीक्षा में हई धांधली के मामले की जांच जारी है और एक उम्मीदवार को हिरासत में लिया जा चुका है

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चालीस ह्ई वहीं अब तक चौदह हजार नौ सौ बहत्तर व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है और उनचास लोगों की कोविड से मौत ह्ई है दर्ज किए गए ने मामलों में चांगलांग से सबसे अधिक नौ ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छह लेपारादा और तिरप से दो दो शी योमी वेस्ट सियांग लोअर सियांग लोंगडिंग और लोअर दिबांग वैली जिले से एक एक मामले शामिल है प्रदेश में कोविड रिकवरी दर तिरानबे दशमलव दो एक प्रतिशत है और अब तक जांच के लिए तीन लाख पचास हजार से ज्यादा नमूने लिए जा च्के हैं

इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की अरुणाचल इकाई द्वारा ट्रिम्स के ब्लड बैंक और अरुणाचल कैंसर सोसायटी के सहयोग से चलाएं जा रहे प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम में इस महामारी से स्वस्थ हो च्के व्यक्ति अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते है ट्रिम्स में अड्डाईस नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हए राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने बताया कि अभी तक नौ कोविड रिकवर्ड व्यक्तियों ने प्लाज्मा डोनेट किया है और ईटानगर और पासीघाट के कोविड अस्पतालों में एक एक रोगी का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कोविड के मॉडरेट केस में प्लाज्मा थेरेपी की जाती है ताकि बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सके श्री पार्थिबन ने मीडिया कर्मियों से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को जागरुक करने की अपील की है

इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह स्कूली शिक्षा उपनिदेशक जोंगे यिरांग समन्वित बाल विकास योजना के उपनिदेशक एम गाव राष्ट्रीय बौद्विक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पूर्वोत्तर के कोआर्डिनेटर गणेश श्रेगर आगंनवाड़ी और आशा कर्मियों सर्वशिक्षा अभियान से ज्ड़े शिक्षकों और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्स लिया इसमें बच्चों की बौद्विक और शारीरिक दिव्यांगता को परखने के लिए किट्स वितरित किया गया